सभी जिलों में पीडीएस हेतु उपलब्ध कराये गए खाद्यान्न

कल रात नौ बजे प्रधानमंत्री की नौ बजे नौ मिनट की अपील के बाद देशभर में मोमबत्तियां दिये और टार्च लाइटें जलाई गई राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत सभी केन्द्रीय मंत्रियों ने भी दीप जलाकर कोरोना के अंधकार को मिटाने का संकल्प व्यक्त किया श्री मोदी ने स्वयं लैम्प जलाते हुए अपना फोटो साझा किया प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीटर हैण्डल पर यह श्लोक भी साझा किया आरोग्यमं करोति कल्याणम दीपमं शुभम करोति कल्याणमं आरोग्य धन सम्पदा शत्रू बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते सूचना एंव प्रसारण मंत्री प्रकाष जावड़ेकर ने कहा कि यह प्रकाष लोगों के मन में कोरोना के खिलाफ जंग में जीत का विष्वास पैदा कर रहा है

उन्होंने सभी से लॉकडाउन के सम्पूर्ण नियमों का पालन करने हेतु आहवान किया और सोशल डिस्टेंस बनाये रखने का आग्रह किया गिरिडीह जिले में लोगों ने बिजली बल्ब बन्द कर दीया मोमबत्ती जलाई कई लोगों ने इस दौरान पटाखे भी फोड़े गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने अपने आवास पर दीया जलाया वहीं बोकारो में भी लोग काफी उत्साहित नजर आए सदर अस्पताल गोड्डा में इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात नर्सो ने दीया जला कर एकता का परिचय दिया है वहीं उपराजधानी दुमका में लोगों ने जमीन पर कोरोना गो बैक के नारे लिख कर दीय जलाए प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूर्व मंत्री लुईस मरांडी उपायुक्त राजेश्वरी बी ने भी कोरोना के खिलाफ संघर्ष में एकजुटता प्रदर्शित करते हुए परिवार के साथ दीये जलाये सरैयाहाट क्वारंटिन सेंटर में रखे गये लोगों ने भी मोमबत्तियां जलायीं जमषेदपुर में सभी लोगों ने अपने घर में दीएमोमबत्ती फ्लैशलाइट जलाकर कोरोना को हराने का संकल्प जताया

खूंटी जिला और बुंडू अनुमंडल में कोरोना को मात देने के लिए लोगों ने अपनी एकजुटता दिखाई कोरोना को हराने के प्रधानमंत्री के संकल्प के साथ पाकुड़ जिले में भी लोग साथ नजर आए कोरोना से उत्पन्न संकट को लेकर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू आज राजभवन में उच्चस्तरीय बैठक करेंगी इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य सचिव सुखदेव सिंह स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी और पुलिस महानिदेषक एमवी राव मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे राज्य सरकार झारखंड के सभी लोगों की सुरक्षा के लिये हर संभव प्रयास कर रही है सरकार का प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में फंसा हो वह भूखा न रहे सरकार के पास अभी तक अन्य प्रदेशों में कुल चार हजार सात सौ उनतीस स्थानों पर झारखंड के चार लाख से अधिक लोगों के फंसे होने की जानकारी प्राप्त हुई है जिनके लिए संबंधित राज्य के आला अधिकारियों से सामंजस्य स्थापित कर उनके खाने और रहने की व्यवस्था की गई है

सरकार द्वारा विभिन्न जिलों में राहत सामग्रियों के पैकेट का वितरण भी किया जा रहा है

फूड कॉरपोरेशन इंडिया द्वारा आटा चक्कियों से सम्पर्क किया गया है और उनमें गेहूं की सप्लाई की जा रही है विभिन्न दवाई के होलसेल और वेंडर के लिए भी सरकार द्वारा पास मुहैया कराया जा रहा है जिससे वह रांची आकर जरूरी दवाइयों को ले जा सकते हैं

झारखंड खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में पीएचएच एवं एएवाई कार्ड धारकों के बीच अप्रैल और मई दोनों माह के अनाजों का वितरण किया जा रहा है जिससे सभी खाता धारकों के पास अनाज की कोई कमी न हो साहिबगंज जिले में लाक डाउन में कोई गरीब बेसहारा भूखा नहीं सोएगा इसके लिए जिला प्रशासन ने सभी एक सौ तिरसठ पंचायतों में मुख्यमंत्री दीदी किचन की शुरुआत की है किचन में गरीब तथा जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क खाना मिलने लगा है झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से दीदी किचन की शुरुआत की गई है एक सौ तिरसठ पंचायत मे से पहले दिन रविवार को अठासी पंचायतों में लगभग दो हजार सात सौ लाभार्थियों को दो वक्त का खाना खिलाया गया दूसरे दिन आज बचे हए पंचायतों में इसे शुरू किया जाएगा दीदी किचन में सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान में रखा जा रहा है खाने से पहले और खाने के बाद सभी को साबुन अथवा सैनिटाइजर से हाथ धुलाया जा रहा है

सात सौ सताइस लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पायी गई वहीं बाकी एक सौ इकासी लोगों की रिपोर्ट प्रतीक्षा में है राज्य सरकार कोरोना से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है इसके तहत राज्य के विभिन्न जिलों में तीन हजार छह सौ छिहत्तीर कोरेन्टीन सेंटर खोले गए हैं जिसमें अब तक चौदह हजार दो सौ अठाइस लोगों को रखा गया है वहीं एक लाख तैंतालीस हजार दो सौ सताइस लोगों को होम कोरेन्टीन में रखा गया है और ग्यारह हजार नौ सौ अस्सी लोगों ने अपना कोरेंटिन प्ररा कर लिया है कोरोना से संबंधित मरीजों की देखभाल के लिए राज्य में अड़तालीस हॉस्पिटल है जिसमें दो हजार पांच सौ बासठ मरीजों को रखा जा सकता है राज्य के अस्पतालों में दो हजार नब्बे आइसोलेटेड वार्ड एक हजार एक सौ सत्रह बेड और एक सौ तिरसठ वेंटिलेटर हैं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

उपभोक्ता कार्य सचिव पवन कुमार अग्रवाल ने राज्य के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में राज्य पुलिस के सहयोग से वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्ति करने को कहा गया है ये नोडल अधिकारी पूरे देश में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाली कंपनियों और संगठनों को अधिकार पत्र भी जारी करेंगे

एक ट्वीट में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देशभर में आयुष्मान योजना के लाभार्थियों के लिए चयनित अस्पतालों में इलाज और निजी प्रयोगशालाओं में जांच की सुविधा निःशुल्क दी जा रही है

केंद्रीय मंत्री ने निजी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं से अपील की कि वे बड़ी संख्या में इसमें सहयोग करें